भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष पद का विधिवत कार्यभार संभाला

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को आज फ्रांस के वॉर्दो में आयोजित एक समारोह में विमान सौंपा गया ायह विश्व के श्रेष्ठतम विमानों में शुमार है

इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायू सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर वायू सैनिकों का अभिवादन किया है इस अवसर पर तीनों सेनाध्यक्ष आज नई दिल्ली रिथित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए

केन्द्रीय वन और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जयपुर में यह जानकारी दी

इसमें प्रत्येक शहर के प्रदूषण के स्तर के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के लिये योजनायें बनाई जायेगी

श्री जावड़ेकर ने शहर के मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान में पौधा लगाया

पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर अर्जुनराम मेघवाल कैलाश चौधरी राजेन्द्र राठौड़ और ओम माथुर सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे इस अवसर पर श्री पूनिया ने कहा कि सैंतीस साल तक पार्टी की सेवा के बाद उन्हें इस पद तक पहुँचने का मौका मिला है जिसके लिये वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं

उन्होंने कहा कि वही समाज तरक्की करता है जहां प्रेम और अपनापन हो श्री गहलोत आज जोधपुर में समाजसेवी भगवान सिंह परिहार मार्ग के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र एजेंडा है उन्होंने कहा कि जोधपुर में जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों विभिन्न संगठनों और आमजन से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार मुक बधिर तथा अन्य दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में हरसंभव कार्य कर रही है

उनके साथ जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल भी स्टेशन पर मौजूद थे

वे कुड़ी भगतासनी में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे विजयादशमी का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था आज शाम विभिन्न स्थानों पर रावण के साथ मेघनाद और क्भकरण के पुतलों का दहन किया जायेगा रावण दहन के साथ दशहरा मेले और आतिशबाजी के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे

गोताखोरों ने इनमें से दो युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया है जबकि एक युवक की मौत हो गई जिसका शव निकाल लिया गया है